एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे

उप राष्ट्रपति वेंकैया नायड़ भी इस दौरान उनके साथ होंगे यह इस प्रकार की दुसरी वीडियो कांफ्रेंस होगी

शेष राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं प्रशासक आज अपने अन्भव साझा करेंगे कांफ्रेंस के दौरान निर्बल वर्गो पर फोकस के साथ साथ इस संकट से निपटने में रेड क्रास सिविल सोसाइटी स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र की भुमिका पर चर्चा होगी

एनसीसी ने इसके लिए स्वैच्छिक सेवा देने के इच्छ्क अपने कैडेटों के लिए अस्थायी रोजगार के दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि महामारी से निपटने के कार्यो में शामिल विभिन्न एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे राहत प्रयासों और काम काज के तरीकों को और मजबूत बनाया जा सके इसके तहत एनसीसी कैडेट हेल्पलाइनकॉल सेंटर का प्रबंधन राहत सामग्रीदवाओंखाद्य सामग्री आवश्यक वस्त्ओं के वितरण सामुदायिक सहायता डेटा प्रबंधन सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कतार में खडे करने और यातायात प्रबंधन जैसे मामलों में अहम् भूमिका निभाएंगे है पूर्व सैनिक मदद कोरोना संकट से निपटने में अब पूर्व सैनिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पूर्व सैनिक संपर्क का पता लगाने सम्दाय की निगरानी करने क्वारंटाइन स्विधाओं का प्रबंधन करने जैसे कार्यों में सहायता प्रदान कर सकते हैं पूर्व सैनिकों की उपस्थिति पूरे देश के सभी जिलों और गांवों में भी है पूर्व सैनिक भी अपने आदर्श स्वयं से पहले सेवा को ध्यान में रखते हए इस संकट के समय सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं

ब्रहानप्र के एक शिक्षक अखिलेश श्रीवास्तव ने भी इस पर गहन अध्ययन किया है उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और दवा बनाने वाले विभागों को भी अपना परामर्श भेजा है

उल्लेखनीय है कि निजामुद्दीन मरकज में देश और विदेश के करीब दो हजार लोगों ने पूर्णबंदी के प्रावधानों का उल्लंघन कर तब्लीगी जमात में हिस्सा लिया था इनमें से काफी लोग देश के विभिन्न हिस्सों में भी गये जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ गया है

फिलहाल इनकी रिपोर्ट्स का इन्तजार है

वहीं खंडवा जिले में होटल्स और लॉज को भी कोरेन्टाइन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच शहर ही नहीं गांव के लोग भी जागरूक हो गए हैं सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के चंदेरी गांव में ग्रामीण कोरोना से बचाव के लिए बैलों के मुंह पर भी मास्क लगाकर जागरुकता का अनूठा सन्देश दे रहे हैं वहीं शहडोल जिले के ग्रामीण अंचल में भी कोरोना वाईरस को लेकर लोग गंभीर नजर आ रहे हैं गांव में बाहर से आने वाले लोगो की जानकारी तत्काल हेल्पलाईन पर देकर जांच कराने की मांग की जा रही है छिंदवाड़ा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ ने अनाज बैंक का मोर्चा संभाल लिया है यहां से गरीबों और बेसहारा लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है उधर नीमच में रेलवे ने प्राने स्लीपर कोच को अस्थाई रुप से आइसोलेशन वार्ड के रुप में बदलने का कार्य श्रू कर दिया है पन्ना जिले में अब तक एक भी कोरोना पोजेटिव मामला सामने नहीं आया है जिले में स्थित आइसोलेशन सेंटरों में व्यवस्था बेहतर की जा रही हैं कलेक्टर के निर्देष पर यहां टीवी और बच्चों को द्ध बिस्किट्स की व्वस्था की जा रही है बैतूल जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा लेने की सलाह दी है

जबकि छह संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट अब तक प्राप्त नही हुई है सिवनी जिले में सभी सामाजिक स्रक्षा पेंशन धारियों को माह मार्च एवं अप्रैल की पेंशन घर पहँचने के निर्देश कलेक्टर ने आज जारी किए है जिले में सोशल मीडिया में झूठी पोस्ट डालने पर प्लिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है

ज्योतिष एवं दवारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने देश के नागरिको से कहा कि वे कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन करें स्वामी स्वरुपानंद ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के दौर में लाक डाउन का उल्लंघन करना यह देश हित में नही है

इन सभी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानुन रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी

भोपाल शहर काजी म्श्ताक अली नदवी ने भी अपील की है जमात से जुड़ी हई अफवाहों पर ध्यान ना दें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की पाबंदियों का पूरी तरह से पालन करने और शबे बारात की इबादत भी घर पर ही रहकर करने को कहा है घर पहंच सेवा इंदौर में पूर्णत लॉक डाउन के कारण नगर निगम नागरिकों के लिए राशन दृध और सब्जी की घर पहंच सेवा श्रु कर रहा है संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि निगम की कचरा गाड़ियों के वाहन चालकों के माध्यम से नागरिकों से आर्डर लिए जाएंगे राशन सूची में आटा दाल चावल तेल चाय शक्कर जैसी वस्त्ओं को शामिल किया गया है वहीं द्रध के साथ सब्जियों में केवल आलू और प्याज की आपूर्ति होगी श्री त्रिपाठी ने बताया कि राशन के लिए प्रति परिवार अधिकतम सीमा भी तय की जाएगी ताकि कोई अनावश्यक संग्रहण न करे

इस ऐप का उपयोग कर लोग कोरोना संक्रमण की आशंका का आकलन कर सकते हैं

इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और बच्चों से इसे दूर रखें